मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि यह जनता की सरकार है और लोगों की समस्याओं को सुनना और उसका निराकरण करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है मुख्यमंत्री आज दुमका स्थित मुख्यमंत्री आवास में आम लोगों से मुलाकात के क्रम बोल रहे थे इस मौके पर उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और यथोचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया इस दौरान दुमका के दुमुहानी निवासी शनि सोरेन ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनका तालझारी स्थित भारतीय स्टेट बैंक में खाता है और वह तालझारी सीएसपी मिनी बैंक में रुपए जमा और निकासी करती है

मुख्यमंत्री ने मौके पर ही संबंधित थाने के पुलिस पदाधिकारी को सीएसपी संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और महिला के रुपए वापस दिलाने के निर्देश दिए

देश में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर तेजी से बढ़ी है

मंत्रालय ने कहा कि लगातार टेस्ट ट्रैक और ट्रीट की प्रभावी रणनीति के कारण संक्रमण को फैलने से रोका गया और मृत्युदर में कमी आई राज्य में कोरोना संकमण एक बार फिर बढ़ने लगा है

वहीं अब तक एक लाख दस हजार एक सौ पच्चीस लोग स्वस्थ हो चुके हैं

जिला प्रशासन ने लोगों से कोरोना जांच कराने की अपील की है इसके लिए रांची शहरी क्षेत्र में आठ जगहों पर प्रशासन की ओर से जांच केन्द्र बनाये गए हैं इन केन्द्रों में निःशुल्क जांच की जायेगी चिकित्सकों के अनुसार लोग अब पहले की तरह एहतियात नहीं बरत रहे हैं साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी अनुपालन नहीं होने के कारण तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने अपने विधानसभा क्षेत्र पाकुड़ के सीतापहाड़ी में ग्रामीण सड़क का शिलान्यास किया राज्य संपोशित योजना के तहत बनने वाली इस सड़क के शिलान्यास के मौके पर पाकुड़ के उपविकास आयुक्त और ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता भी मौजूद थे बढ़ती ठंड को देखते हए मंत्री श्री आलम ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का भी वितरण किया इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जरूरतमंदो के सुख दुख का ख्याल रख रही है राज्य के स्वास्थ्य एवं आपदा मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने कदमा स्थित कार्यालय में एक ऑटो और दिव्यांगो के बीच ट्राई साइकिल तथा बैसाखी बांटे बन्ना गुप्ता ने बताया कि तीन दिसंबर को डब्लू लाल की शादी हुई थी और उसी रात उसका ऑटो रिक्शा किसी ने जला दिया था वह बिना ऑटो के बेसहारा हो गया था उसे हम सब ने मिलकर चंदा करके एक नया ऑटो रिक्शा खरीद कर दिया

पलामू जिले के मेदिनीनीगर नगर निगम क्षेत्र में इन दिनों स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर साफ सफाई का कार्य चल रहा है मेदिनीनगर शहर के बीच स्थित ओवरब्रिज को भी सजाने संवारने का काम चल रहा है

इसमें कुल छह काराधीन मामलों पर सुनवाई करते हुए मांडू थाना से संबंधित एक अभियुक्त को जेल से रिहा किया गया

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है जारी आदेश में कहा गया है कि अभिभावकों की सहमति से ही बच्चे बोर्ड परीक्षाओं में मार्गदर्शन के लिए स्कूल बुलाए जा सकते हैं छात्र छात्राएं कक्षा में नियमित रूप से मास्क लगाकर बैठेंगे

वहीं दो बैंचों में भी दूरी रखी जायेगी

शिक्षा विभाग ने इसके शपथ पत्र का प्रांरूप भी जारी कर दिया है गाइडलाइन के अनुसार स्कूलों में बायोमैट्रिक हाजरी नहीं ली जायेगी जिन स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या ज्यादा है वहां अलग अलग दिन में सम विषम रोल नंबर के आधार पर उन्हें स्कूल बुलाया जायेगा स्कूलों में दो पालियों में कक्षाएं होंगी

जिले की उप विकास आयुक्त अंजली यादव ने बताया कि इस ऑनलाइन कैरियर काउंसलिंग में गोड्डा जिले के सभी प्रधानाध्यापक वार्डन प्लस ट्र उच्च विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के चयनित शिक्षक विद्यार्थियों को ऑनलाइन जानकारी देंगे आजसू पार्टी के अध्यक्ष सह सिल्ली विधायक सुदेश महतो ने आज सिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में युवाओ को संबोधित करते हुए कहा कि सिल्ली के छात्र छात्राओं को अब उच्च शिक्षा और वोकेशनल कोर्स के लिए शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे रांची के बाद पहली बार वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई सिल्ली में होगी सिल्ली में वोकेशनल कोर्स और पीजी तक की पढ़ाई के लिए आधारभूत संरचना निर्माण की प्रक्रिया भी आरम्भ कर दी गयी है अब सिल्ली विधानसभा का कोई भी बच्चा अभाव के कारण अपनी पढ़ाई अधूरी नहीं करेगा

दो दिन पूर्व सिल्ली में ब्लड बैंक की शुरुआत की गई है और आज कई पार्टी कार्यकर्ता ब्लड बैंक में रक्तदान करने में जूटे हैं मौके पर उन्होंने कोरोना संक्रमण में ड्यूटी कर रही नर्सों डॉक्टर और पुलिसकर्मियों को प्रशस्तिपत्र तथा शॉल देकर सम्मानित किया

डेढ़ करोड़ की ईनामी राशि वाले इस टाटा स्टील गोल्फ चौंपियनशिप के विजेता गगनजीत भुल्लर ने बताया कि वह अब तक नौ अंतरराष्ट्रीय गोल्फ ट्र्नामेंट जीत चुके हैं

इस अवसर पर टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक और गोल्फ चौंपियनशिप के संरक्षक टी वी नरेंद्रन ने बताया कि टाटा स्टील खेल को शुरू से ही सहयोग करता आया है

राजधानी रांची सहित राज्यभर में ठंड बढ़ गई है तेज ध्रप के बावजूद लोग ठंड से कांप रहे हैं मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों तक सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है और पूरे राज्य में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी मौसम विभाग के अनुसार हिमालय से आ रही ठंडी हवा के कारण रांची सहित पूरे राज्य में कनकनी बढ़ी है रांची का न्यूनतम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है जबकि कांके का तापमान एक डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राज्य के पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम सिमडेगा और सरायकेला खरसावां जिले में ठंड बढ़ने के आसार हैं उपराजधानी दुमका में बढ़ते ठंड को देखते हुए नगर परिषद और सामाजिक संगठनों की ओर से अलाव की व्यस्था की जा रही है